हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश में निय्क्तियां और तबादले में श्वष्ट्राचार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है सरकार द्वारा करीब अस्सी हजार अध्यापकों के पारदर्शी संग से तबादले कियेऔर पहली बार लोगों केा किसी सिफारिश या मध्यस्थ की तलाश नहीं करनी पड़ी मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर दे रहे थे म्ख्यमंत्री ने सतल्ज यम्ना लिंक नहर पर चर्चा के दौरान उठाये गये सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चाहे सर्वोच्च न्यायालय से हरियाणा के पक्ष में फैसला आ च्का है लेकिन अदालत से इस फैसले को लागू करने के आदेश अभी बाकीहै

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अपने दायित्व का निर्वाह न करते हुए एक कानून पास कर फैसला रद्द कर दिया जिसके बाद राष्ट्रपति के पास विधेयक जाने पर उसे रैफरेंस के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया ये मामला दस साल तक लटका रहा

उन्होंने कहा कि म्द्दे पर राजनीतिक पार्टियो दवारा सियायत की जा रही जो सर्व विदित है

चर्चा के दौरान राज्यपाल दवारा अभिभाषण के क्छ हिस्से को पढ़ा माने लेने बारे विपक्षी विधायकों द्वारा की गई टिप्पणीयों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के पास ये अधिकार है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए मूख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ काम करते हए हर क्षेत्र को सभी सुविधायें देने का प्रयास किया जा रहा है समाचार लिखे जाने तक सदन में मुख्यमंत्री अभी बोल रहे थे

विधायक जाकिर हसैन ने कहा कि मेवात विकास बोर्ड का अभिभाषण में कोई हवाला नहीं है उन्होंने बालिका वाहिनी योजना स्वीकार करने और पृथला में शहीदी फलाईट लेफ़टेनेट किरण शेखावत के नाम पर कॉलेज खोलने की मांग की जिस पर शिक्षाराम बिलास शर्मा ने कहा कि पास ही नूंह में कॉलेज है लेकिन उचित जगह तय की जाय तो इस पर विचार किया जा सकता है चर्चा के दौरान भाजपा विधायक पवन सैनी ने सरकार की नौकरी लेने तक आम आदमी की पहंच को स्निश्चित करने और लिंगान्पात में सुधार के लिए प्रंशसा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के झुंझुन् से फलैगशिप कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्र व्यापी विस्तार का श्भारंभ किया

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर झूंझन् समेत दस जिला कलैक्टरों को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए सम्मानित भी किया आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा निवास मे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बाल एवं महिला विकास मंत्री कविता जैन म्ख्य अतिथि के तौर पर शामिल हई इस मौके पर श्रीमति जैन ने सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान व सशक्तिकरण के लिए किये जा रहे प्रयासो बारे बताया और कहा कि सरकार ने महिलाओं की सुविधा के लिए महिला थाने खोले है लिंगान्पात में अप्रत्याशित स्धार हआ है और सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा कन्या कोष स्कन्या समृद्वि योजना ओर मुख्यमंत्री विवाह शग्ण योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं चलाई है महिलाओं का मान सम्मान ब ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने श्री परमेन्द्र प्रल के एक प्रश्न के उत्तर देते हुए सदन को यह जानकारी दी और बताया कि इनमें से पांच चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र जुलाना में निय्क्त किये गए हैं जिनमें महिला चिकित्सक भी शामिल है

हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रदेश में महिलायों के खिलाफ़ अपराध का ब्यौरा देते हुए उन्होंने सदन में यह विचार प्रगट किये एक तरफ अंतराष्ट्रीय महिला दिवस से जोड़ते हुए उन्होंने महिलायों की स्रक्षा का मुददा उठाया और महिलायों के प्रति अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाया

इसे आजीवन कारावास या दोषी के जीवन की बाकी अवधि तक बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है हरियाणा सरकार इस वर्ष जनवरी महीने में लोहारू निर्वाचन क्षेत्र के बहल ब्लॉक के गांवों में ओलावृष्टि दवारा क्षतिग्रस्त हई फसलों की हई गिरदावरी की दोबारा जांच करवाएगी